इंटरमीडिएट साइंस आर्ट्स और कॉमर्स में इस वर्ष छात्राओं ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है विज्ञान संकाय में नीट टॉपर रही कल्पना कुमारी ने चार सौ चौंतीस अंक प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया है वे शिवहर के तरियानी के वाईकेजेएम कॉलेज की छात्रा हैं वहीं दूसरे स्थान पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के अभिनव आदर्श रहे तीसरा स्थान जमुई के एस ए ई कॉलेज के रूद्रेश दास वर्मा को मिला आर्ट्स में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की कुसुम कुमारी पहले अरविंद महिला कॉलेज पटना की छात्रा प्रियांकी मेहता दूसरे और सिमुलतला आवासीय विद्यालय की प्रज्ञा प्रांजल तीसरे स्थान पर रहीं वाणिज्य में मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज की निधि सिन्हा टॉपर बनी हैं दूसरे स्थान पर गया कॉलेज की माया कुमारी और तीसरे स्थान पर नालंदा के अल्लामा इकबाल कॉलेज के छात्र मोहम्मद निसात रहे हैं इस वर्ष लगभग बारह लाख छात्र छात्रा परीक्षा में शामिल हुए थे जिसमें तिरपन प्रतिशत परीक्षार्थियों को सफलता मिली है इस बार पिछले साल की तुलना में अठारह प्रतिशत अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं लगभग आठ प्रतिशत छात्रों ने प्रथम श्रेणी में जबकि सैंतीस प्रतिशत छात्रों ने द्वितीय श्रेणी में सफलता प्राप्त की तृतीय श्रेणी में आठ प्रतिशत से अधिक छात्र सफल हुए विज्ञान संकाय में लगभग पैंतालीस प्रतिशत कला में इकसठ और वाणिज्य में इक्यानवे प्रतिशत विद्यार्थियों को सफलता मिली है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि जो छात्र फेल हुए हैं वे तेरह जून से बीस जून के बीच स्क्रूटनी करा सकते हैं परीक्षा परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट बिहार बोर्ड डॉट ए सी डॉट इन पर उपलब्ध है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ने वैश्विक स्टार्ट अप माहौल बनाने में विशेषज्ञता हासिल कर ली है और अब छोटे शहर कस्बे और गांव भी स्टार्ट अप कंपनियों के केन्द्र के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं श्री मोदी आज नमो एप के जरिये देश भर के स्टार्ट अप उद्यमियों से बातचीत कर रहे थे साउंड बाईट पहले देखने को मिलता था कि ज्यादातर स्टार्टअप टायर वन सिटीज में यानि स्टेट कैपिटल्स में केंद्रित रहते थे हमने इसे टायर टू और टायर थ्री सिटीज तक ले जाने का प्रयास किया ताकि लोकल इनोवेशन को बल मिले श्री मोदी ने कहा कि अब स्टार्ट अप का कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में भी भविष्य देखा जा रहा है साउंड बाईट हमने कृषि मंत्रालय के माध्यम से एग्रीकल्चर ग्रांड चौनल शुरू किया ताकि कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टार्टअप और इनोवेटर्स जो है उनको प्रोत्साहन मिले

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने उभरते हुए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिये इंडिया एक्शन प्लान नाम से स्टार्ट अप शुरू किया है उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य युवा उद्यमियों को करों से छूट पूंजी लाभ कर से रियायत और इंसपेक्टर राज से मुक्ति दिलाना है स्टार्ट अप कंपनियों के लिये धन की उपलब्धता का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने इसके लिये दस हजार करोड़ रूपये की निधि बनायी है

सरकार की यह पहल यह इनिशिएटिव स्टार्टअप के लिए जरूरी वैंचर फंडिंग में एक बह्त बड़ा योगदान है प्रधानमंत्री ने युवाओं से देश के विकास के लिये नये विचारों के साथ आगे आने का आह्वान किया केन्द्र सरकार ने ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि देश भर के तीन लाख सात हजार से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों को पहली जनवरी दो हजार सोलह से बढ़े हुए वेतन के एरियर का भी भुगतान किया जायेगा उन्होंने बताया कि इसके लिये चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक हजार दो सौ पचहत्तर करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है श्री सिन्हा ने कहा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में संशोधन के अनुरूप ही ग्रामीण डाक सेवकों के भत्ते में भी संशोधन किया जायेगा केन्द्र सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए चीनी मिलों को आठ हजार पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है इस राशि में से चार हजार पांच सौ करोड़ रुपये कम ब्याज के ऋण के रूप में दिये जा रहे हैं ताकि चीनी मिलों में एथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा सके नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने यह जानकारी दी श्री पासवान ने बताया कि कैबिनेट ने सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी की न्यूनतम बिक्री दर फिलहाल प्रति किलो उनतीस रुपये तय की है भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंकों में सिक्का जमा करने की कोई सीमा नहीं है ग्राहक जितना चाहें उतने सिक्के जमा कर सकते हैं इसके लिये बैंकों में अब विशेष काउंटर और सिक्के गिनने की मशीनें लगायी जा रही हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बाढ़ की विभीषिका और प्राकृतिक संपदा के अभाव के कारण बिहार को काफी नुकसान उठाना पड़ता है इसलिए प्रदेश को विशेष सहायता मिलनी चाहिए आज पटना में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले बारह वर्षों में राज्य का विकास दर दहाई अंकों में पहुंचा है बावजूद इसके कई आर्थिक मोर्चों पर राज्य अभी भी पिछड़ा है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है आज बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ही रघुराम राजन की कमिटी ने स्पष्ट किया था कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है उन्होंने कहा कि पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार को विशेष सहायता मिल सकती है लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने जीते हुए सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पारस ने कहा कि एनडीए में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए उसकी यह जिम्मेवारी है कि गठबंधन के सभी सहयोगियों के साथ तालमेल बनाये रखे हालांकि उन्होंने कहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है और समय आने पर सभी घटक दल आपस में बैठकर सर्वसम्मति से उम्मीदवारों का चयन कर लेंगे पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने मूंगेर स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के तत्कालीन प्रबंधक इंद्रेश मिश्रा को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी है अदालत ने आरोपी पर सत्रह लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है दोषी प्रबंधक पर धोखाधड़ी जालसाजी और सरकारी पद का दुरुपयोग कर बैंक को सोलह लाख बानवे हजार रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप था गोवा की राज्यपाल मृद्रला सिन्हा राज योगिनी दादी जानकी जी और राज योगिनी बीके रानी दादीजी ने आज वैशाली जिले के भगवानपुर में प्रजापति ब्रहम कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांति सरोवर का शिलान्यास किया इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती मृदुला सिन्हा ने कहा कि यह केन्द्र अध्यात्म और दर्शन के एक बड़े केन्द्र के रूप में उभरेगा उन्होंने कहा कि यह संस्थान बिहार की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को और आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा पटना जिले के दानापुर थाना क्षेत्र के सगुना मोड़ के पास एक कब्रिस्तान में आज हुए बम विस्फोट की घटना में दो बच्चे घायल हो गये पुलिस ने बताया कि मौके से एक और देशी बम बरामद हुआ जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है मामले की जांच चल रही है पश्चिम चंपारण जिले के सेमरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर सौराहा में अपराधियों ने एक निजी बैंक के कर्मी से डेढ़ लाख रूपये लूट लिये रोहतास के जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने ओडीएफ अभियान में शिथिलता बरतने वाले चालीस कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी है औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के बेनी गांव से पुलिस ने कुख्यात नक्सली नरेश राम को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी

और अब अंत में मुख्य समाचार इंटरमीडिएट परीक्षा में छात्राओं ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया